निर्वाचन आयोग के उपायुक्त संदीप सक्सेना सुदीप जैन चंद्रभूषण कुमार और डायरेक्टर जनरल दिलीप शर्मा तथा धीरेन्द्र ओझा भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री रावत के साथ हैं

बैठक में संभागायुक्त पुलिस महानिरीक्षक जिला निर्वाचन अधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक उपस्थित हैं आयोग का दल इंदौर से रवाना होकर शाम को भोपाल पहुंचेगा जहां शाम को होटल जहांनुमा पैलेस में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के साथ बैठक होगी

केंद्रीय चुनाव दल चुनाव व्यय से संबंधित नोडल अधिकारियों तथा प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ भी बैठक करेगा नामांकन जांच प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नामांकन पत्रों की कल जांच की गई

सतना में भी एक सौ सत्तावन अभ्यर्थियों द्वारा दाखिल किये गये एक सौ अड़सठ नामांकन पत्रों में से ग्यारह खारिज कर दिये गये

उनका पार्थिव शरीर आज सवेरे प्रदेश भाजपा कार्यालय में रखा गया जहां पार्टी कार्यकर्तायों ने उनके अंतिम दर्शन किए इसके बाद पार्थिव शरीर नेशनल कॉलेज ग्राउंड ले जाया गया जहां लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं दिवंगत नेता अनन्त कुमार को श्रद्वांजलि देने के लिए आज केन्द्रीय मंत्रिमंडल की विशेष बैठक हुई

मंत्रिमंडल ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया एक प्रस्तााव में मंत्रिमंडल ने कहा कि देश ने एक अनुभवी नेता खो दिया है

इस पलैग मार्च में कलेक्टर शिल्पा गुप्ता और पुलिस अधीक्षक राजेश हिंगणकर सहित वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे